और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कोविड प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से पीएम ऑक्सीजन सप्लाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है प्रधानमंत्री ने देशभर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की उपलब्यता की आज एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की और इसे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को निर्देश दिये कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढाने के विभिन्न तौर तरीकों का पता लगाएं प्रधानमंत्री ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने राज्यों से गैस की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा उन्होंने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है

हालांकि इसके लिए जिलाधीशों को सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया

उन्होंने कहा कि ये टीका निःशुल्क होगा और इससे प्रदेश के राज कोष पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा

मंत्रिमंडल ने कोविड केयर केंद्रों की देखरेख और कड़ाई से करने का निर्णय लिया

उन्होंने कहा कि ये हैलीकॉप्टर जनहित में किराये पर लिया गया है उन्होंने इस मुद्दे को विपक्ष द्वारा बेवजह तूल देने का आरोप भी लगाया

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य सचिव अनिल खाची को इसका चैक भेंट किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन शिमला में प्रदेश के महानिदेशक कारावास सोमेश गोयल द्वारा संकलित कॉफी टेबल बुक हिमाचल बर्डस ए विजुअल ट्रीट का विमोचन किया राज्यपाल ने प्रदेश के पक्षियों पर कॉफी टेबल ब्रक के लिए सोमेश गोयल के प्रयासों की सराहना की उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कार्य करते हुए इतनी अच्छी तस्वरें लेना आसान नही है उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कॉफी टेबल बुक से स्थानीय समुदाय निति निर्माता और प्रशासक प्रदेश के समुद्व तथा विविधता पूर्ण पक्षियों को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे सुधीर शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने धर्मशाला स्थित अपने आवास को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की सरकार को पेशकश की है सुधीर शर्मा ने आज एक बयान में कहा कि उन्होंने इस संबंध में प्रशासन को पत्र लिखा है सुधीर शर्मा ने यहां रखे जाने वाले कोरोना रोगियों के लिए रहने व खाने का खर्च वहन करने की भी पेशकश की है उन्होंने कहा कि जब सभी इस महामारी से लड़ने के लिए खुलकर आगे आएंगे तभी इस महामारी को सफलता पूर्वक हराया जा सकेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय शहरी निकायों के चयनित प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद के लिए आगे आएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो मुख्यमंत्री आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने और संकट में फंसे लोगों की सहायता के लिए जो उत्साह पिछली बार देखा गया था वह इस बार कम देखने को मिल रहा है उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाए जायें तथा उन्हें प्रदेश में रूकने के लिए प्रेरित किया जाए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कोविड फंड के लिए प्रदेश सरकार के अधिकारीयों व कर्मचारियों का दो दिन का वेतन काटने के मुख्यमंत्री के फैसले का विरोध किया है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस प्रकार के फरमान सही नही है और ये आदेश कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ अन्याय है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोविड के नाम पर लोगों से अब तक जो पैसा वसूला है उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए सुक्ख कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी प्रदेश सरकार द्वारा कोविड फंड के लिए कर्मचारियों के वेतन में दो दिन की कटौती का विरोध किया है सुक्खू ने आज एक बयान में कहा है कि ये कटौती गलत है और सरकार को अपने संसाधनों से कोरोना से निपटने के लिए बजट जुटाना चाहिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से आग्रह किया कि कोरोना से निपटने के लिए उचित प्रबंध किए जाएं और मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों पर भी रोक लगाए कार्यशाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज प्रदेश के असिंचित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए शिमला में एक कार्यशाला का आयोजन किया कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उप महानिदेशक अल्ताफ हुसैन हाजी ने कार्यालय के कर्मचारियों से सही जानकारी प्रदान करने में प्रतिष्ठानों और घरों से गृणवत्ता प्रतिक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा उन्होंने कहा कि पूरे अभ्यास का उद्देश्य विश्वसनीय डाटा प्राप्त करना होना चाहिए मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पिछले क्छ दिनों से हो रही बर्फवारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जबकि राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में कई स्थानों पर बीती रात हुई भारी ओलावृष्टि से फलों व फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है

उधर लाहौल स्पीति में मौसम में हल्का सुधार आने के बाद आज सीमा सड़क संगठन ने मनाली से केलंग और जिंगजिंगबार से केलंग की ओर सड़क से बर्फ हटाने का काम आरंभ कर दिया है

घाटी में फिर से बर्फवारी आरंभ हो गई है जिससे सड़कों से बर्फ हटाने का काम प्रभावित हुआ है चंबा जिला के पंगी व भरमौर क्षेत्रों में भी दो दिनों से हो रहे हिमपात से सेब के पौधों को भारी नुकसान हुआ है इस बीच राज्य के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में वर्षा का क्रम आज भी रूक रूक कर जारी रहा

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों को ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए निर्देश

और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा कोविड प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आएं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि